राज्य स्तरीय कार्यक्रम शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर हुआ जिसमें राज्यपाल आचार्य देवव्रत मुख्यमंत्री जयराम ठाकर और केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड़डा ने योग किया इस मौके बड़ी संख्या में लोगों ने भी योग कियाए कीं राज्यपाल आचार्य देववत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया है और आज पूरा विश्व इसे अपना रहा है उन्होंने योग को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने का लोगों से आग्रह करते हुए कहा कि इससे मन व आत्मा शद्ध होती है और इसके बिना स्वस्थ शरीर की कल्पना नहीं की जा सकती योग कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा कि योग केवल एक व्यायाम ही नहीं बल्कि विश्व व प्रकृति के साथ एकता की भावना को विकसित करने का माध्यम है जयराम ठाकर ने कहा कि योग अभ्यास की कला व्यक्ति के मन शरीर और आत्मा को नियंत्रित करने में मदद करती है इस दौरान शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज नगर निगम महापौर कुसुम सदरेट और मुख्यमंत्री की पत्नी डॉक्टर साधना ठाकुर सहित वरिष्ठ अधिकारी व स्कूली बच्चों के अलावा गणमान्य व्यक्तियों ने भी योग किया वीरेन्द्र कंवर उधर ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कृटलैहड निर्वाचन क्षेत्र के सरकारी स्कूल थानाकलां में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया उन्होंने कहा कि योग से मनुष्य अपने जीवन को स्वस्थ रखते हए मानव जाति को विश्व शांति की ओर बढ़ा सकते हैं वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि योग भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है और देश के लोगों को निरोगी रखने की चिंता हमारी संस्कृति में की गई है उन्होंने लोगों से रोजाना योग के लिए समय निकालने की जरूरत बताई ताकि वे रोगों से मुक्त हो सकें वीरेन्द्र कश्यप इधर सासंद वीरेन्द्र कश्यप ने सोलन के पुलिस ग्राउंड में बड़ी संख्या में युवाओं व बुजुर्गो के साथ योग क्रियायें कीं

कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे युवाओं ने इसे बेहद फायदेमंद बताते हुए कहा कि योग से उनकी पढाई में एकाग्रता बनी रहती है राम स्वरूप सांसद राम स्वरूप शर्मा ने मंडी के पड्डल मैदान में आयोजित योग दिवस में भाग लिया उन्होंने कहा कि प्राचीन समय से योग का महत्व रहा है मगर आध्निकता की दौड़ में इसके प्रति रूझान कम हो रहा है राम स्वरूप शर्मा ने कहा कि ऐसे आयोजनों से लोगों की योग के प्रति रूचि बढ़ी है और उन्होंने इसे अपनाना शुरू कर दिया है उन्होंने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने का आहवान किया अनुराग ठाकुर इस बीच बिलासपुर के लुहणू मैदान में सासंद अनुराग ठाक्र ने जिला स्तरीय योग कार्यक्रम में भाग लिया

अनुराग ठाक्र ने कहा कि भारत के अलावा अन्य देशों में भी योग का रूझान बढ़ा है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का सपना पूरे विश्व को स्वस्थ बनाते हुए एक स्वस्थ परिवार के रूप में आगे बढ़ाने का है बैठक शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सभी अधिकारियों को जन शिकायतों का निपटारा समयबद्ध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं

एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव दे सकते हैं